राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य लोगों ने दी श्रद्वांजलि

सक्रिय मामलों की संख्या बीस हजार दो सौ चार

इस ऑनलाइन सम्मेलन में कोविड नाइन्टीन के बाद के वैश्विक परिदृश्य में सहयोग पर विचार विमर्श होगा प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारी के बाद के विश्व में भारत अमेरिका की भागीदारी का उल्लेख करेंगे दोनों देशों के बीच वर्तमान और भविष्य के सहयोग पर भी विचार होगा कल से शुरू हुए दो दिन के इस सम्मेलन की मेजबानी भारत अमेरिका व्यापार परिषद कर रही है इस वर्ष परिषद के गठन की पैंतालीसवीं वर्षगांठ है इंडिया आइडियाज समिट की थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण

वे पचासी वर्ष के थे लालजी टंडन को स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याओं के कारण लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पिछले कुछ दिनों से वह वेंटीलेटर पर थे श्री टंडन का अंतिम संस्कार कल शाम लखनऊ के गुलाला घाट पर कोविड नाइन्टीन के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया इससे पूर्व राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल लखनऊ में उनके आवास पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि दी मुख्यमंत्री ने कहा कि लालजी टंडन लखनऊ की आत्मा की तरह थे और वे लखनऊ और उत्तर प्रदेश में उनकी सेवाओं के लिए याद किए जाएंगे रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि लालजी टंडन का लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित था श्री टंडन लखनऊ से भाजपा के सांसद और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं उनके निधन पर प्रदेश सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है जबकि मध्य प्रदेश में पाँच दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है इसे देखते हुए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे चेहरे और मुंह ढकने के दिशा निर्देशों का पालन करने और रेस्पिरेटरी वॉल्व युक्त एन नाइन्टी फाइव मास्क के उपयोग को रोकने का निर्देश दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा है कि इस तरह के मास्क कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में सक्षम नहीं हैं रेस्पिरेटर युक्त एन नाइन्टी फाइव मास्क कोरोना वायरस को रोकने के लिए अपनाए जा रहे नियमों के विपरीत हैं एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे कपड़े से बने तीन परतों वाले मास्क का इस्तेमाल करें और दूसरे लोगों को भी ऐसा करने की सलाह दें

मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जी ओ वी पर संदेश लिख सकते हैं

कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस बात की पूरी कोशिश करेगी कि भारतीय टीके को देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उपलब्ध कराया जाए उन्होंने कहा कि दो देशी टीकों का मानव परीक्षण शुरू किया जा चुका है और भारत की दो प्रसिद्ध दवा कम्पनियों ने ब्रिटेन की कम्पनी के साथ समझौता किया है उन्होंने कहा कि सरकार अपने लोगों के लिए सस्ते टीके को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है इस समय देश में संक्रमण की जांच के काम में तेजी लाई जा रही है

मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित क्ल सात लाख चौबीस हजार पांच सौ अठहत्तर लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर बासठ दशमलव सात दो प्रतिशत तक पहुंच गई है इस समय देश में चार लाख दो हजार दो सौ उन्सठ लोगों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि भारत में प्रति दस लाख की तुलना में आठ सौ सैंतीस मामले हैं जो वैश्विक औसत से कम है मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर भी घटकर दो दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गई है

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में दो हजार एक सौ इक्यावन कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है जबकि इस दौरान एक हजार चौबीस लोगों को स्वस्थ हो जाने पर विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई राज्य में पिछले चौबीस घंटों में सैंतीस लोगों की कोविड नाइन्टीन से मृत्यु हुयी है अब तक इस संक्रमण से एक हजार दो सौ उन्तीस लोगों की मौत हो चुकी है

एक पत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है केन्द्र सरकार ने इस संबंध में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपाय करने की रणनीति तैयार की है

पार्टी के सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री शुक्ला नारायण पंचरिया का स्थान लेंगे

उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियों के बारे में छात्रों की ओर से बहुत से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और इस पर विचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि छात्रों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है श्री निशंक ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन दोनों परीक्षाओं की तिथियां आपस में न टकराएं

जिलाधिकारी डॉक्टर रूपेश कुमार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार नगरपालिका में चौबीस जुलाई की रात दस बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा उधर बलिया जनपद में कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए जिलाधिकारी ने नगर और इसके आसपास के इलाकों में लॉकडाउन को छब्बीस जुलाई तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं

जिले के छितौनी तटबंध के भैंसहा गेज पर नदी खतरे के निशान से इक्कीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जलस्तर बढ़ने से खड्डा क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ की स्थिति बन गई है